नीति आयोग का इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए एक हजार कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है

इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कलस्टर बनाना है जो उस क्षेत्र का सर्वव्यापी विकास करेंगे इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावादेना है इस मिशन का प्रारंभ करते हये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया था कि मिशन का उद्देश्य भारतीय गांवों को स्मार्ट गांव बनाना है

नीति आयोग द्वारा आने वाले तीन वर्षो में इस मिशन के तहत एक हजार कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेटवार्ता में इस मिशन के उद्देश्यों का उल्लेख किया इसके अंतर्गत गांवों की आत्मा का सुरक्षित करते हये शहरों की तर्ज पर इनका विकास किया जा रहा है राष्ट्रीय रू अरबन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है इस मिशन के तहत करनाल जिले में बल्ला क्लस्टर को शहरी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत गोल्ली सालवन फफड़ाना मानपुरा सहित आस पास के गांव इसमें शामिल किए गए हैं जिला के अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक प्रौद्योगिकीय एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को समाप्त करना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना ग्रामीण क्षेत्र में विकास का प्रसार करना व ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है

इस राशि से इन गांवों में सीवरेज सफाई सोलर ऊर्जा गालियां व्यायाम शालातालाब अपग्रेड और कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण किया जाना है

इस तीन दिवसीय मेले का लक्ष्य जैविक बाज़ार को मजबूत करना और महिला उद्यमियों को जैविक खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित करना है

इस मेले का विषय भारत के जैविक बाज़ार क्षमता को उन्मुक्त करना

लोगों को सम्बोधित करते हये श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार किसानों और महिला व्यवसायीयों दोनों को सतत माहौल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवीन तकनीक म्हैया करवाना सुनिश्चित कर रही है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूटयूब चैनलों डी डी न्यूज़ प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर लाइव देखा जा सकता है आकाशवाणी से इसके हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा प्रादेशिक भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण रात आठ बजे प्रसारित किया जायेगा म्ख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की श्भकामनाएं देते हए भगवान भोलेनाथ से सभी के जीवन की मंगलकामना की आज करनाल में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कर्ण गेट में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि ये पर्व हम सबके जीवन मे खुशियां लेकर आये ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है इससे पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक समारोह में शिरकत की

भगवान शिव का पर्व महाशिवरात्रि आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी श्रद्वा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है सभी शहरों और गांवों में शिव मंदिरों और शिवालयों को फूलों और रोशनी से सजाया गया श्रद्वालु कल रात से मंदिरों में नतमस्तक होकर दूध फल और पुष्प चढ़ा रहे है जिला अम्बाला में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है आज अनेक मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है अम्बाला छावनी के प्रसिद्व हाथीखाना मंदिर में सुबह चार बजे से ही श्रद्वालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी यहां पर आज हज़ारों श्रद्वालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया तथा बेलपत्र व पुष्प चढ़ाये पलवल में महशिव रात्रि के पावन पर्व पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी

छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी में भी श्रद्वाल्ओं ने प्रदेश की सुख समुद्धि व आपसी भाईचारे के लिए मन्दिर में जलाभिषेक करते हए प्रार्थना की

शिवरात्रि के पर्व पर व्यक्ति अपने ब्रे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों में भी आगे आ सकता है

उधर पंचकूला में शिव भक्त सुबह से कतारों में खड़े मंदिरों के बाहर नजर आए ऐसा ही श्रद्वा व आस्था का सैलाब पंचकूला के सकेतड़ी गांव में स्तिथ प्राचीन शिव मंदिर में नज़र आया प्राचीन शिव मंदिर में आस्था रखने वाले शिवभक्तों का विश्वास है कि भोले भंडारी के दरबार से कोई खाली नही जाता भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं